प्रधानमंत्री जन धन योजना के अन्तर्गत सरकार जून महीने के लिए आज से पांच पांच सौ रुपए की राशि महिला लामार्थियों के खाते में डालेगी प्रदेश में कोरोना महामारी से अब तक पांच हजार चार सौ उन्तालीस लोग ठीक हुए

प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में कल से रूक रूक कर बूंदाबांदी होने से तापमान में गिरावट दर्ज की गयी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में कोरोना संक्रमण से अधिक प्रभावित जिलों में विशेष ध्यान देते हए चिकित्सा सुविधाओं को और बेहतर बनाने के निर्देश दिए हैं ये जिले हैं गौतमबुद्वनगर कानपुर आगरा सहारनपुर अलीगढ़ मुरादाबाद मेरठ फिरोजाबाद और बुलंदशहर मुख्यमंत्री ने राज्य में कोविड जांच क्षमता को बढ़ाकर प्रतिदिन पद्रह हजार करने के भी निर्देश दिए लखनऊ में अपने सरकारी आवास पर कल एक उच्च स्तरीय बैठक में लॉकडाउन व्यवस्था की समीक्षा करते हुए श्री योगी ने कहा कि जिन जनपदों में अधिक संख्या में प्रवासी श्रमिक आए हैं वहां विशेष पूल टेस्टिंग की व्यवस्था करते हए अधिक नमूनों की जांच की जाए मुख्यमंत्री ने प्रदेश में आठ जून से अनलॉक व्यवस्था के तहत शुरू की जाने वाली गतिविधियों को केंद्र सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार संचालित कराए जाने के भी निर्देश दिए

यह राशि उन्हें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अन्तर्गत दी जा रही है वित्तीय सेवा विभाग ने बताया कि लाभार्थी इस महीने की दस तारीख के बाद कमी भी अपने खाते से यह राशि निकाल सकते हैं पहली किस्त में बीस करोड़ पांच लाख महिला जन धन खाता धारकों के खाते में दस हजार उन्तीस करोड़ रुपए जमा कराए गए दूसरी किस्त में बीस करोड़ बासठ लाख महिला जन धन खाता धारकों के खाते में दस हजार तीन सौ पंद्रह करोड़ रुपए जमा किए गए एक लाख सत्तर हजार करोड़ रुपए के प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अंतर्गत सरकार ने महिलाओं गरीबों वरिष्ठ नागरिकों और किसानों के लिए निःशुल्क अनाज और नकद भुगतान की घोषणा की है

पिछले चौबीस घंटों में इस महामारी से ठीक हुए लोगों की कुल संख्या तीन हजार आठ सौ चार हो गई इस तरह अब तक कुल एक लाख चार हजार रोगी स्वस्थ हो चुके हैं इस समय एक लाख छह हजार सात सौ सैंतीस रोगियों का अस्पतालों में इलाज चल रहा है प्रदेश में कल तीन सौ इकहत्तर लोगों में कोविड नाइन्टीन संक्रमण की पुष्टि हुई जिसके बाद राज्य में संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर नौ हजार दो सौ सैंतीस हो गयी है राहत की बात यह है इनमें से पांच हजार चार सौ उन्तालीस लोग ठीक हो चुके हैं जिन्हें विभिन्न अस्पतालों से छुट्टी दी जा चुकी है कल एक सौ पच्चासी लोगों को स्वस्थ हो जाने पर घर मेज दिया गया प्रदेश में कल पंद्रह लोगों की मृत्यु होने के साथ ही कोरोना से अब तक जान गंवाने वाले लोगों की संख्या दो सौ पैंतालीस हो गयी है राज्य में फिलहाल तीन हजार पांच सौ तिरपन रोगियों का इलाज चल रहा है स्वास्थ्य सेवा निदेशालय की ओर से कल शाम जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले चौबीस घंटे के दौरान सबसे अधिक इकत्तीस मरीज गौतमबुद्वनगर जिले में मिले यहां संक्रमितों की तादाद पांच सौ अद्ठावन हो गयी है तीन सौ पांच लोग अब तक स्वस्थ हए हैं जिले में सक्रिय मामले दो सौ छियालीस हैं कानप्र नगर में कई दिनों बाद कोविड मामलों में बड़ा उछाल देखा गया जिले में कल उन्तीस लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई जिसके बाद यहां संक्रमित व्यक्तियों की संख्या चार सौ अट्गरह हो गयी हालांकि तीन सौ ग्यारह लोग अब तक स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं जिले में सक्रिय मामले चौरानबे हैं मेरठ में सत्रह लोगों में संक्रमण मिलने के साथ ही जिले में कुल रोगियों की तादाद चार सौ पच्चासी हो गयी तीन सौ अद्वाइस लोग अब तक स्वस्थ हुए हैं और बत्तीस की मृत्यू हुई है यहां सक्रिय मामले एक सौ पच्चीस हैं बागपत में अट्ठारह नए मामले मिलने के बाद संक्रमितों का आंकडा चौसठ पहंच गया है गाजियाबाद में सोलह नए मरीज मिले इसके अलावा लखनऊ जौनपुर में चौदह चौदह वाराणसी संतकबीरनगर में तेरह तेरह लोगों में संक्रमण पाया गया चित्रकूट में बारह नए मरीज मिलने साथ ही जिले में संक्रमित लोगों की संख्या तिरपन हो गयी है बस्ती अयोध्या देवरिया हरदोई में ग्यारह ग्यारह नए मरीज मिले हैं आगरा में दस रोगी मिलने के बाद संक्रमितों की तादाद नौ सौ चौदह हो गयी हालांकि सात सौ चौहत्तर लोग उपचार के बाद स्वस्थ होकर घर भी जा चुके हैं जिले में सर्वाधिक सैंतालीस लोगों की बीमारी से मृत्यु हुई है यहां फिलहाल सक्रिय मामलों की संख्या तिरानबे है अमेठी में कल नौ मामले सामने आए इसके अलावा मऊ फिरोजाबाद क्शीनगर में सात सात मुरादाबाद अलीगढ़ इटावा में छः छः शाहजहांपुर श्रावस्ती कन्नौज गाजीपुर हापुड़ में पांच पांच फर्रुखाबाद मैनपूरी अम्बेडकरनगर संमल में चार चार गोरखपूर सहारनपूर मुजफूफरनगर शामली जालौन भदोही झांसी औरैया हमीरपूर में तीन तीन बादा लखीमप्र खीरी प्रतापगढ़ प्रयागराज बिजनौर आजमगढ़ सिद्दार्थनगर में दो दो और बाराबंकी मथुरा सुल्तानप्र गोण्डा महाराजगंज पीलीमीत सीतापुर एटा चंदौली तथा कानपुर देहात में एक एक व्यक्ति में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है

इस एक वर्ष के दौरान सरकार ने लोगों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराने के लिए कई कदम उठाए कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए भी कई उपाय किये गए कुछ महीनों के भीतर ही मारत ने प्रतिदिन दो लाख पीपीई किट और एन नाइन्टी फाइव मास्क बनाने की तकनीक और विनिर्माण क्षमताओं का विकास कर लिया है भारत ने कोविड जांच सुविधाओं में भी वृद्वि की है और अब देश में प्रतिदिन एक लाख से अधिक कोरोना वायरस के नमुनों का परीक्षण किया जा रहा है सरकार ने कोरोना महामारी से निपटने के लिए आवश्यक उपकरणों और सामग्री को विकसित करने के लिए स्वदेशी विनिर्माणकर्ताओं को बढ़ावा दिया है सरकार ने देश में स्वास्थ्य ढांचे के निर्माण के लिए पद्रह हजार करोड़ रुपये प्रदान करने की भी घोषणा की है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक करोड़ से अधिक लोगों का उपचार किया जा चुका है उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश दिल्ली और हरियाणा सरकारों को निर्देश दिया है कि वे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में यातायात के बारे में एक समान नीति अपनाएं न्यायालय इस क्षेत्र में लोगों के आवागमन में आ रही समस्याओं के बारे में एक याचिका पर सुनवाई कर रहा है शीर्ष न्यायालय ने तीनों राज्य सरकारों को निर्देश दिया है कि वे एक सप्ताह के भीतर एक समान नीति तैयार करके उसे एक वेब पोर्टल पर डालें ताकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में लोगों के आवागमन को सुगम बनाया जा सके

इससे तापमान में गिरावट आयी है और लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है वाराणसी अयोध्या चंदौली आजमगढ़ चित्रकृट पीलीमीत कौशाम्बी सीतापुर सहित विभिन्न जनपदों में कल दिन भर बादल छाए रहे और हल्की बुदाबादी हुई

गोरखपुर और आसपास के क्षेत्रों में कल रात से रूक रूक कर हल्की से तेज बारिश दर्ज की गयी मौसम विमाग के अनुसार अगले दो दिनों के दौरान प्रदेश के कई हिस्सों में बादल छाए रहेंगे और हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की जाएगी

ऐसे लोग स्वस्थ लोगों तक बीमारी को चुपचाप फैला देते हैं अधिकतर लोग उनको लक्षण बहुत कम होते हैं लेकिन बीमारी फैलाने की क्षमता उनमें फिर भी बरकरार होती है हालांकि द्रसपों से थोड़ी कम होगी क्योंकि ये लोग खांसेंगे छींकेंगे कम इसीलिए ये खतरा रहता है काफी मेजोरिटी पेसेंट जो होते हैं कोविड के वो एसिम्टोमेटिक कैरियर्स से हम लोग कहते हैं ये कम्युनिटी में बीमारी को फैलाना काफी हद तक इन्हीं से होता है

क्शीनगर जिले में लॉकडाउन के दौरान दस लाख पैतालीस हजार से अधिक मानव दिवस सृजित हुए हैं जनपद में मजदूरों को अब तक इक्कीस करोड़ अड़सठ लाख रूपए का भुगतान किया जा चुका है मनरेगा उपायुक्त ने बताया कि जिले में इस समय नौ सौ चौतीस ग्राम पंचायतों में तिहत्तर हजार से अधिक श्रमिक मनरेगा के अंतर्गत काम कर रहे हैं